वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वस्त् एवं सेवाकर जीएसटी के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो इससे जुड़ी जानकारियों को स्थानीय व जिला स्तर तक ज्यादा गहरे तरीके तक पहंचायें कई व्यापारिक संगठन और ट्रेड से ज्ड़े प्रतिनिधियों के जीएसटी से ज्ड़े संशयों को दूर करते हये वितमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो खुद जिला स्तर पर जाकर लोगों से सीधे चर्चा करे और जीएसटी पर किसी तरह का भ्रम यदि किसी को हो तो उसे दूर करें निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी को लागू हये तीन वर्ष हो चुके है इसलिए मुख्य स्वरूप पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी वस्तू एवं सेवा कर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की है और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड सीबीआईसी से भी राज्य ज्ड़े है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ग्रूग्राम में कैमरा म्यूजियम का निरीक्षण किया और वही देवी लाल स्टेडियम में बनाए गए एथलेटिक ट्रैक को देखा

यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि इस म्यूजियम को अब सरकार हरियाणा ट्ररिज्म के साथ जोड़ेगी ताकि लोग आसानी से यहां पहंच सकें लोगों की सुविधा के लिए यहां बस सेवा श्रू की जाएगी जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले लोग भी इस कैमरा म्यूजियम का दीदार कर पाएंगे इस कैमरा म्यूजियम में दवितीय विश्व यूदध के समय का भी कैमरा है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हआ है हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने आज जींद जिले के जुलाना कस्बे में विकास रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की प्रत्येक तहसीलों में हर मंगलवार को एसडीएम सहित सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि किसानों और आम जनता का काम हो सके

दृष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले पांच साल में प्रदेश की प्रत्येक फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज बनायें जायेंगे ताकि किसी को दिक्कत न आये

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में तीन दिवसीय राष्टीय डेयरी मेले की शुरूआत हो गई है

उन्होंने कहा कि मेले में आए पश्पालकों के उत्साह को देखकर लगता है कि किसान इस दिशा की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं उन्होंने एनडीआरआई के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हए कहा कि यह संस्थान इस प्रकार के मेलों का आयोजन करके किसानों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां वे अपने पशुओं की उत्कृष्टता दिखा सकते हैं और उसका उचित ईनाम भी पा सकते हैं क्योंकि किसान के लिए आर्थिक सहयोग से ज्यादा पुरस्कार पाना अहमियत रखता है एनडीआरआई के निदेशक डॉ चौहान ने कहा कि डेयरी मेले का मुख्य उददेश्य पश्पालन को बढ़ावा देना है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने दविभाषी साप्तहिक लाइव इन कार्यक्रम में पब्लिक स्पीक में कल एक परिचर्चाआयोजित करेगा जिसका विषय मिशन इंद्रधनष सम्पर्ण टीकाकरण होगा

संत श्री गुरू रविदास जी का भक्तिकाल में दिया हआ सामाजिक समरसता और सामाजिक सदभाव का संदेश आज भी प्रासंगिक है देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक समरसता के संदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे है यह उदगार हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने नई दिल्ली में ग्रू रविदास जयन्ती के उपलक्ष में आयोजित ग्रू रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज व्यक्त किए उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो सिद्धांत दिया है वह श्री ग्रू रविदास जी की वाणी का ही प्रेरणा स्त्रोत है उन्होंने कहा कि श्री ग्रू रविदास जी ने भक्ति काल के समय ही कहा था कि ऐसा चाह राज मैं जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न श्री आर्य ने कहा कि श्री ग्रू रविदास जी किसी एक जाति या सम्प्रदाय के ग्रू नही थे बल्कि वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे श्री ग्रू रविदास जी का चिंतन भी किसी एक जाति तक सीमित नही है आज रविदास जी अपने चिंतन दर्शन और शिक्षाओं के कारण पूरे विश्व में प्रसिदव है आज यमुनानगर के कपालमोचन स्थित प्राचीन श्री ग्रू रविदास मंदिर में होने वाले विशाल समागम में करीब डेढ़ लाख श्रदवालूओं की संगत जूटी है यहां रविदास जयंती के एक हफ्ते बाद हर साल समागम होता है

सिरसा जिला में गैर कृषि भूमि को चिहिनांत कर उसमें बॉयोगैस प्लांट व सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है जिसके पूरा होने पर इलाका वासियों को लाभ मिलेगा यह बात सांसद सुनीता द्रग्गल ने सिरसा में एक प्रैस वार्ता को सम्बोधित करते हए कही उन्होंने बताया कि प्रदेश के सिरसा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौशाला है इसलिए गोबर का सद्पयोग करने के लिए क्षेत्र में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे

हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि एक सभ्य और संस्कारवान इंसान ही देश व समाज के काम आ सकता है

श्री दलाल आज भिवानी के देवसर मोड़ स्थित एक स्कूल के वार्षिक उत्सव को मुख्य अतिथि के संबोधित कर रहे थे